भारतीय रेल देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों को दे रही है राहत और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चौंलेजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित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

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सूचना के इस यूग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने मीडिया पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सच्चाई सटीकता निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहे उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की इस बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम चार महीने तक स्थागित करने का फैसला किया गया परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किए जाएगा वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बी एस सी जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध् करा रहे व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी ऐसे सभी लोगों को सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि कोविड मरीजों को राहत उपलब्ध कराने के लिए श्रम शक्ति की अधिकतम उपलब्धंता के लिए इसी तरह के उपायों पर विचार किया जाए देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है

वहीं लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है इससे देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार कम हो रही है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा है कि अब तक एक करोड़ बासठ लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं

झारखंड में लगभग दो सप्ताह के बाद कोविड के प्रतिदिन आने वाले सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है

धनबाद जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने निरसा पॉलिटेक्निक तथा पीजी एक्सटेंशन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों के लिए बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया है इस संबंध में उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कर्तव्यपालन करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बेड रिजर्व रखने का निर्णय लिया गया है वहीं उपायुक्त ने आज तीन अस्पतालों के एएनओ और एमएनओ के साथ ऑनलाइन बैठक कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रतिदिन गंभीर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है

भारतीय रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लगातार लोगों को राहत पहुंचा रही है

ये रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तेलंगाना हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं बोकारो स्टील सिटी के दूंदीबाग सब्जी हाट में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने गई पुलिस पर कुछ सब्जी विक्रेताओं ने हमला कर दिया इस हमला में घायल एक दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है द्दीबाग हटिया में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है सिटी थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मामलें मे एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने गुमला जिले के निवासियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रषासन द्वारा जारी किए गए निर्देष का अनुपालन करने तथा अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आईसोलेशन में रहने वाले अधिकांश मरीजों को सहिया के द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है

ममता बनर्जी पांच मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी वे आज शाम सात बजे राज्यपाल से मिल कर सरकार बनाने का दावा पेष करेंगी गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के निमाटांड़ गाँव में क्ऑ मे गिरे जंगली हाथी के एक बच्चे को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन के सहारे कँआ के पास खुदाई की है

आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चौंलेजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाडियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद ऐसा किया गया है इस मैच की नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को सात विकेट से हरा दिया

पंजाब किंग्स छठे स्थान पर हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी इस संबंध में मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाई जा सके से छह मई तक राज्य के ज्यादातर इलाके में बादल छाए रहेंगे इस दौरान कई इलाके में हल्की वर्षा के आसार हैं इसके कारण अगले चार पांच दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी कल कई क्षेत्रों में हुई हल्की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी रांची और आस पास के क्षेत्रों मे आज दोपहर बाद हुई हल्की वर्षा से मौसम सुहाना हुआ और तापमान मे गिरावट दर्ज की गई उधर धनबाद जिले में पिछले दो दिनों से बादल गरजने और छिटपूट बारिश के बाद आज से धनबाद का मौसम पूरी तरह बदल गया सुबह से धूप छांव की आंखमिचौनी जारी रही दोपहर बाद आसमान में छाए बादलों की वजह से दिन में ही रात जैसा नजारा कायम हो गया यहां जोरदार गरज के साथ तेज वर्षा हुई

आज भी पूरे धनबाद में अच्छी बारिश हुई गढ़वा जिले में आज कई जगह पर बारिश होने के साथ ही तेज आंधी के साथ वजपात की भी घटना हुई है